आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन सभी सीटों पर शाम छः बजे तक औसत मतदान सत्तावन दशमलव तेतिस प्रतिशत रहा प्रदेश के अवध और बुन्देखण्ड क्षेत्र की जिन चौदह सीटों पर आज वोट डाले गये उनमें धौरहारा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेलो अमेठी कौशाम्बी गोण्डा बांदा फतेहपुर बाराबंकी फैजाबाद बहराइच और कैसरगंज शामिल हैं इनमें से चार संसदीय सीटें मोहनलालगंज कौशाम्बी बाराबंकी और बहराइच अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित है पाँचवे चरण की चौदह सीटों पर छब्बीस महिलाओं सहित एक सौ बयासी उम्मीदवार चुनाव मैंदान में हैं और विवरण हमारे संवाददाता से ईवीएम में गड़बड़ी की कुछ घटनाओं के अलावा पांचवे चरण का मतदान प्री तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ

सुबह से बूथों पर लंबी कतारें नजर आ रही थीं जो दोपहर होते होते कम हो गई हालांकि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में खासा उत्साह नजर आया

इस चरण में सभी बडे राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार चूनाव मैंदान में उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने सभी चौदह सीटों पर वहीं सपा बसपा और रालोद गठबन्धन के अन्तर्गत सपा सात सीटों पर और बसपा पाँच सीटों पर चूनाव लड़ रही है सीपीआई ने दो सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं इस चरण की चौदह संसदीय सीटों में से अमेठी और रायबरेली को छोड़कर शेष बारह सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है

जिलें में मतदाताओं ने मतदान में बड़ चढ़कर हिस्सा लिया हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट जिले में आज सुबह से ही मतदान केन्द्रों पर मतदाता कड़ी धूप और भीषण गर्मी में भी लम्बी लम्बी लाइन जगाकर मतदान किया युवा मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है बहराइच संसदीय क्षेत्र के सवा सत्रह लाख मतदाता भाजपा कांग्रेस सपा सहित दस प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम मशीन में मत देकर किया बूथों पर पेयजल और कड़ी धूप से बचाव की व्यवस्था की गयी थी जिले की इस सीट पर त्रिर्काणीय मुकाबले में अब सपा भाजपा के बीच कड़ी टक्कर के रूझान देखने को मिल रहे हैं भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जिले में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हुआ अखिलेश श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार बहराइच

विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां और जन सभायें कर मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं

उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ पहुंचाया है

पार्टी प्रत्याशी अखिलेश सिंह के लिए वोट की अपील करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर प्रहार किय उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है जबकि समाजवादी सरकार ने अपने कार्यकाल में जनहित में बहुत से कार्य किये थे पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि आजादी के साठ दशक बाद भी आज देश विश्व मानचित्र में पिछड़ा हुआ है उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरया उधर बलरामपुर में गठबन्धन के प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथो लिया मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने अपने लम्बे कार्यकाल के दौरान दलितों और गरीबों का कभी भला नहीं किया वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि पाँच साल भाजपा ने अपने अच्छे दिन देख लिये और अब उसके बुरे दिन आने वाले हैं उन्होंने कहा कि गठबन्धन की बढ़त को देखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परेशान हैं मायावती ने दावा किया कि सपा बसपा गठबन्धन उत्तर प्रदेश में पछत्तर सीट जीत रही है इससे पूर्व कल गोरखपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल है उन्होंने कहा कि पाँच साल में भारत का वैश्विक स्तर पर सम्मान बढ़ा है और विकास की प्रक्रिया तेज हुई हैं मतदाताओं से महागठबन्धन से सावधान रहने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जो दल कुछ दिन पहले तक एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते थे वे अब बुआ भतीजा बन गये हैं

आज लखनऊ में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यो की समीक्षा करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि हमारा देश भाषा संस्कृत के आधार पर विविधता वाला समाज ह जिसकी अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान भी है प्रसार भारती का मुख्य कार्य उन विविधताओं से भरे सांस्कृतिक पक्षों को प्रचारित तथा प्रसारित करना है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

इस वर्ष तेरह छात्र छात्राओं ने देशभर में संयुक्त रूप से टॉप किया है इनमें से आठ छात्र छात्रायें उत्तर प्रदेश से हैं इन सभी ने पाँच सौ में से चार सौ निन्यानबे अंक हासिल किये है प्रदेश से मेरठ जिले के वत्सल वार्ष्णेय गाजियाबाद की अपूर्वा जैन अंकुर मिश्रा ईश मदन गौतमबुद्धनगर नोएडा के सिद्धान्त दिव्यांश और शिवानी और जौनपुर के योगेश कुमार गुप्ता टॉप करने वालें छात्र छात्रओं में शामिल हैं सीबीएसई की दसवीं कक्षा में चौबीस छात्र छात्राओं ने पाँच सौ में से चार सौ अठ्ठान्नबे अंकों के साथ देशभर में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया वहीं अठ्ठावन छात्र छात्रायें पाँच सा में से चार सौ सत्तान्नबे अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे पास होने वाले परीक्षार्थियों के प्रतिशत के मामले में त्रिवेन्द्रम का प्रतिशत सबसे बेहतर रहा यहाँ निन्यानबे दशमलव आठ पाँच प्रतिशत विद्यार्थी उर्त्तीण हुए हैं

मरकजी चाँद कमेटी के अध्यक्ष रशीद फरंगी महली और शिया चाँद कमेटी अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया कि कल शाम रमजान का चाँद नहीं दिखायी देने के कारण पहला रोजा कल रखा जायेगा इसके साथ ही रमजान माह में पढ़ी जाने वाले विशेष नमाज तरावीह का दौर आज रात से मस्जिदों में शुरू हो जायेगा रमजान का पहला ज़म्मा दस मई को आखिरी और जुम्मा इकत्तीस मई को पड़ेगा रमजान माह के चलते बाजारों में रौनक बढ़ गयी है प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक ने प्रदेशवासियों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान की हार्दिक बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की है अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना दूसरों की भूख प्यास और जरूरत का अहसास दिलाता और साथ ही आपसी सौहार्द और समरसता का सन्देश भी देता है

इस हादसे में दो पुलिस कर्मियों के गम्भीर रूप से घायल होने की भी खबर है पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना बदायू बिसौली मार्ग पर थाना वजीरगंज क्षेत्र के अन्तर्गत कर्रगॉव के निकट हुई